झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि संविधान की मदद से नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल रहा है

राजधानी रांची के हरमू मैदान में हुनरहाट मेले का आयोजन किया जा रहा है जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज इस मेले का उदघाटन किय इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हनर के बल पर देष की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे

मेले में स्वदेषी उत्पादों की प्रदर्षनी और बिकी की जा रही है राजधानी रांची में चल रहे राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव के दूसरे दिन आज काफी संख्या में लोग खरीददारी करने पहुंच रहे हैं इस महोत्सव में देष भर के लगभग चार सौ जनजातीय षिल्पकार भाग ले रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस महोत्सव में सत्ताईस राज्यों के जनजातीय आभूषण आदिवासियों के रहन सहन से जुड़ी सजावट और उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध हैं वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा वस्तु और सेवा कर को देश में मूक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है

लोक लेखाकारों की सराहना करते हए वित्तमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत को सशक्त बनाने वाली प्रौद्योगिकी आधारित लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह रांची से वायुसेना के विमान से रायपुर के लिए रवाना हो गए इस मौके पर रांची के बिरसा मुण्डा हवाई अड्डे पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे राष्ट्रपति कोविंद ने इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक भेंट की राष्ट्रपति आज से दो दिनों तक छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति कल यानी सोमवार को बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण देंगे वे विश्वविद्यालय परिसर में पांच नव निर्मित भवनों का उद्घाटन भी करेंगे

सिमडेगा के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आज राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर की शुरूआत करते हए झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने कहा कि हमारे संविधान द्वारा देश के आम नागरिकों को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय दिलाने की पहल की जा रही है

इस मौके पर न्यायाधीश एच सी मिश्रा और अनुभा रावत चौधरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोग जागरूक होकर योजनाओं का लाभ लें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गोड्डा जिले के सुदरपहाड़ी स्थित बड़ा कल्हाजोर में बैजल बाबा की जयंती के अवसर पर आयोजित मेले का उदघाटन करने के बाद बैजल बाबा के वंषजों को सम्मानित किया इस अवसर पर उन्होंने दो दिनों तक चलने वाले फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरूआत की हजारीबाग स्थित विनोबाभावे विष्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वंयसेवकों का सात दिवसीय एकता षिविर का आयोजन किया गया है

संगठन ने कहा है कि एक हजार तीन सौ से अधिक नए मामलों की पुष्टि पिछले चौबीस घंटों के दौरान हुई

उग्रवादियों ने कंपनी के कर्मचारी और मजदूरों की पिटाई भी की हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि कुछ दिन पहले निर्माण कार्य कर रही कंपनी के कर्मचारी को धमकी दी गयी थी इधर घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ बच्चन देव क्ज़ुर और सिमरिया थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहंचे और मामले की छानबीन की जा रही है संक्षिप्त खबरें

जुबली पार्क में संस्थापक की प्रतिमा और पार्क की लाइटिंग का शुभारंभ सोमवार को होगा कोडरमा जिले की तिलैया थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है इस संबंध में पुलिस अधीक्षक एम तमिल वानन ने कहा है कि प्रेम प्रसंग मामले में हत्याकांड को अंजाम दिया गया रामगढ़ जिले में चल रहे रजरप्पा महोत्सव के दूसरे और आखिरी दिन आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस आयोजन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखी जा रही है

भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से जानकारी दी है कि देष में लोग डेबिट और केडिट कार्ड द्वारा लेन देन प्रकिया को प्रमुखता से चुन रहे है